उन्होंने इस दौरान चम्बा के चौगान और भटियात के सिंहुता में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को पूरा करने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में हिमाचल ने बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर काम किया है मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान राजनीति करने पर विपक्ष की आलोचना की उन्होंने बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी वनमंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर तिब्बती धर्मग्रू दलाई लामा को भारत रतन से सम्मानित करने और तिब्बत के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की मांग की है शांता कुमार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां इन दोनों मुद्दों के अनुकूल है

ये निवेश पनविद्यूत तापविद्यूत सोलर पावर और विंड पावर के क्षेत्र में किया जाएगा उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस निवेश से जहां देश में विकास बढ़ेगा वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा की सफल रणनीति से ही बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित हुई है सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि बिहार सहित गुजरात और कर्नाटक उपचुनाव में पार्टी की जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता को आज भी भाजपा नेतृत्व में पूरा विश्वास है इस बीच बिहार चुनाव में जीत का भाजपा ने आज पार्टी मुख्यालय दीप कमल में जश्न मनाया इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर गम्भीर नहीं होने का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है और लोगों को भगवान भरोस छोड़ दिया गया है जो चिंता का विषय है उन्होंने प्रदेश सरकार पर केन्द्र के दबाव में निर्णय लेने का आरोप भी लगाया राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए जिन्हें अब मजबूरी में फिर से बंद करना पड़ा है नैहरिया धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया ने कहा है कि जिला पुस्तकालय धर्मशाला में बैठने की क्षमता बढ़ाई जाएगी और वीवीपैट मशीनें रखने के लिए नया भवन बनेगा नैहरिया ने आज धर्मशाला में कहा कि ये मशीनें इस समय जिला पुस्तकालय और कॉलेज के प्रयास भवन में रखी गई हैं इस कारण पुस्तकालय में बैठने की क्षमता कम हो गई है

उन्होंने कहा कि धर्मशाला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एक अरब से अधिक की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे